जनमंच कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्यस्तर पर जनता से लिया जाएगा फीड बैक

और कुल्लू लाहौल स्पिति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हिमपात प्रशासन ने की बर्फीले क्षेत्रों में न जाने की अपील मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि पुलिस विभाग में जल्द ही एक हजार पुलिस जवानों की नियुक्ति की जाएगी साथ ही प्रदेश में पुलिस आवास निगम भी स्थापित किया जाएगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति कठिन है और पुलिस व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में काफी चुनौतिपूर्ण है पुलिस बल को हर चुनौति से निपटने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है इस तरह के खेल पुलिस बल को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक एनडीआरएफ की बटालियन स्वीकृत की है इस मौके पर उन्होंने प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत किया और पुलिस स्पोर्टस मीट की स्मारिका का विमोचन भी किया सीएम राज्य में व्यापत नशे की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर अपना योगदान देने की आवश्यकता है ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्येय युक्त नशा मुक्त हिमाचल विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर शिमला में कही उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग करना चिंतनीय है और इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है अनेक कानून भी हैं लेकिन बिना सामाजिक सहयोग के इस बुराई का अंत नहीं हो सकता इस बीच शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लम्बे समय से भांग की खेती को लेकर चर्चा चल रही है उन्होंने कहा कि राज्य में भांग की वैध खेती करने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार हर कानूनी पहलू पर विचार करने के बाद ही फैसला करेगी कि खेती को वैध किया जाए या नहीं

इसके लिए जल्द राज्य स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा ताकि जनमंच कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाईयों तक पहुंचाया जा सके विधानसभा में चीफ व्हिप व जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र बरागटा ने रामपुर बुशहर में आज पत्रकार वार्ता में ये बात कही उन्होंने कहा कि अब सचिवालय के साथ साथ ज़िला स्तर पर भी जनमंच कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी इसके अलावा जनता के सुझावों के अनुसार भी कार्य किया जाएगा बरागटा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार कौन होंगे ये भाजपा हाईकमान तय करेगा लेकिन चारों सीटों पर भाजपा ही जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है जबकि कांग्रेस संगठनात्मक लड़ाई में ही उलझ कर रह गई है इससे पूर्व नरेंद्र बरागटा लवी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुरव्यातिथि मौजूद रहे प्रसारण दिवस आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है

महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के क्रूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था

इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में आज विशेष समारोह का आयोजन किया गया स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज पालमपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत में मैंझा की सिद्धपुर से घडरोल वया मोहरला सड़क का भूमि पूजन किया

अनंत कुमार केन्द्रीय संसदीय कार्य और रसायन व उर्वरक मंत्री एचएन अनंत कुमार का आज तड़के दो बजे बेंगलुरू में कैंसर के कारण निधन हो गया

श्री कमार पिछले कुछ दिनों से आई सी यू में भर्ती थे वे दक्षिणी बेंगलुरू से छह बार लोकसभा सांसद रहे वे वाजपेयी सरकार में उड्डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलूरु में किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सूचना व प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केन्द्रीय मंत्री के निधन पर गहरा दुख जताया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है शोक इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोकोद्गार में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंनत कुमार ने पार्टी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक का लम्बा अनुभव पार्टी को मिलता रहा उनका जाना बेहद पीड़ाजनक है और पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी केंद्रीय मंत्री अंनत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है ग्राम सभा सोलन जिला सोलन में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाऐं आज से शुरू कर दी गई है

जिसमें दिए गए विषयों पर सभी विभागों के अधिकारी रिपोर्ट पेश करेंगें इसी के आधार पर आगामी सत्र के लिए विकास योजना तैयार की जाएगी इस मौके पर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न खेलों के लिए उत्कृष्ट खेल अधोसंरचना सुनिचित करने के लिए कांगड़ा में इंडौर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना का सुजन किया जा रहा है ताकि युवओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचायें

बैठक में पूर्व जनमंच में आई शिकायतों के शीघ्र निपटारे पर भी चर्चा की गई

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा हालांकि जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है हालात पर नजर रखते हुए वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज मनाली में बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए उधर खराब मौसम व हिमपात को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित कर दी है

कुल्लू ज़िला की ऊंची चोटियों रोहतांग जलोड़ी जोत और किन्नौर ज़िले की ऊंची चोटियों पर भी दोपहर बाद से हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है उपायुक्त कुल्लू युनूस ने सैलानियों से बर्फबारी वाले क्षेत्रों और सुनसान इलाकों में न जाने की सलाह दी है उधर चंबा के उपायुक्त हरिकेष मीणा ने बर्फबारी व वर्षा के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है